प्रधानमंत्री ने कहा कि चौरी चौरा के शहीदों को इतिहास में भले ही उचित स्थान न मिला हो लेकिन उनका बलिदान अमर रहेगा उन्होंने कहा कि हमारे देश की धरती में शहीदों का खून समाया हुआ है और वह हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा प्रदेश में आज चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हम आजादी के पचहत्तर साल पूरा करने वाले हैं और यह शताब्दी अपने महान सेनानियों को श्रद्वांजलि अर्पित करने का अच्छा अवसर है

उस समय ऐसे समारोह का होना इसे और भी प्रासंगिक बना देता है साथियों चौरी चौरा देश के सामान्य मानवीय का स्वतरू स्फूर्त संग्राम ये दुर्भाग्य है कि चौरी चौरा के शहीदों की जितनी चर्चा होनी थी बहुत अधिक चर्चा नहीं हो पाई इस संग्राम के शहीदों को क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में भले ही प्रमुखता से जगह न दी गई हो लेकिन आजादी के लिए उनका खून देश की माटी में जरूर मिला हुआ है जो हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा शताब्दी वर्ष के अवसर पर एक डाक टिकट भी जारी किया यह दिन हमारी आजादी की लड़ाई से जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना के सौ साल पूरे होने की स्मृति में मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि चौरी चौरा की घटना को शताब्दी समारोह के रूप में मनाया जाना उत्तर प्रदेश सरकार की सराहनीय पहल है उन्होंने कहा कि साल भर तक चलने वाले समारोह को स्थानीय कला संस्कृति और आत्मनिर्भरता से जोड़ना हमारे स्वाधीनता सेनानियों के प्रति एक श्रद्धांजलि है श्री मोदी ने कहा कि भारतीयों की एकता से दासता की जंजीरें टूटी हैं और आज हमारा देश विश्व की एक महाशक्ति है उन्होंने कहा कि यही एकता हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान की असली बुनियाद है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने कोविड महामारी के संकट के दौर में मानवता की भलाई के लिये कई कदम उठाये हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि कई विशेषज्ञों का मानना था कि सरकार कोविड महामारी के दौर में हुए नुकसान की भरपाई के लिए नागरिकों के कर में बढ़ोतरी करेगी लेकिन हाल के बजट में एक भी नया कर नहीं लगाया गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी की वजह से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद हमारे कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ है और किसानों ने उत्पादन का नया कीर्तिमान बनाया है प्रधानमंत्री ने कहा कि बाजारों को किसानों के लिए और अधिक फायदेमंद बनाने के लिए देश की एक हजार मंडियों को ई नाम से जोड़ा जा रहा है इसके साथ ही प्रदेश में साल भर तक चलने वाले चौरी चौरा शताब्दी कार्यक्रमों की आज से शुरुआत हो गई अगले एक वर्ष तक शहीद स्मारकों पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे इस वर्ष राज्य के सभी सरकारी विभाग अपने पत्र व्यवहार में चौरी चौरा शताब्दी के प्रतीक चिन्ह का उपयोग करेंगे

मुख्यमंत्री ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना को शामिल करने का भी आदेश दिया है इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह चौरी चौरा स्मारक गए और शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की चौरी चौरा में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वर्चुअल माध्यम से जुड़ीं कार्यक्रम के दौरान चौरी चौरा शहीदों के परिजनों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया प्रदेश के सभी पचहत्तर जिलों में भी आज चौरी चौरा शताब्दी समारोह के आयोजन किये गये छात्र छात्राओं ने प्रभातफेरियां निकालीं शहीद स्मारकों पर पुलिस बैण्ड द्वारा राष्ट्रधुन बजाई गयी प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के एक सौ उनहत्तर नये मामले सामने आये हैं जबकि दो सौ तिरसठ लोग बीमारी से ठीक हुये हैं प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या चार हजार छः सौ उन्तीस है राज्य में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है प्रदेश में कोविड से संक्रमित होने वाले सत्तानबे दशमलव सात आठ प्रतिशत लोग ठीक हो चुके हैं राज्य में कल एक दिन में कोविड के एक लाख उन्तीस हजार एक सौ तिरानबे नमूनों की जांच की गयी मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के कई जनपदों में गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है क्छ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गयी है